प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्दांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री के साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

श्री गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश ने हमारे सैनिकों के साहस दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण एक महान विजय प्राप्त की थी विजय दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि समूचे भारत में कई यादगार समारोह होंगे जहां युद्ध में शामिल बुजुर्ग जवानों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा राज्य के जैसलमेर में तनोट मार्ग पर स्थित विजय स्तंभ पर भी आज दीपमाला सजाई जाएगी विजय दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम रात नौ बजे प्रसारित किया जाएगा

उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकेंगे नाम वापसी की समय समाप्ति के तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे

मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रभावी क्रियान्विति के चलते राज्य के तीन जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग हासिल की है यह रैंकिंग निष्पादन क्षमता इण्डेक्स के आधार पर दी गई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं

अधिकांश स्थानों पर कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई